प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में संविधान पीठ सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है एक टवीट में उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो यह किसी की जीत या हार नहीं होगी प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को प्राथमिकता देने की अपील की कि यह निर्णय भारत की शांति एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और मजबूती देगा भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से ऋण लेने वालों के लिए घरेलू आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर सवा लाख रुपये कर दी है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ऋण व्यवस्था मजबूत करना है इसी प्रकार शहरी अथवा अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण की सीमा एक लाख साठ हज़ार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है

उपायुक्त अमित कश्यप ने कल शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मेले का शुभारंभ करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे उपायुक्त ने बताया कि मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय कलाकारों के अलावा मशहर गायक कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे सेना की पश्चिमी कमान द्वारा शिमला ज़िला के झाखड़ी में कल पूर्व सैनिकों की एक रैली का आयोजन किया गया पूर्व सैनिकों के निकटतम का वर्ष नाम से आयोजित इस रैली के माध्यम से पूर्व सैनिक के रिश्तेदारों को उनके आर्थिक और गैर आर्थिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया

रैली के दौरान चिकित्सा शिविर भी लगाया गया प्रदेश युवा कांग्रेस ने गैर हिमाचलियों को प्रदेश में रोजगार देने के सरकार के फैसले का विरोध किया है इसे लेकर शिमला में कल एक रैली निकाली जिसमें अध्यक्ष मनीष ठाक्र सहित अन्य युवाओं ने हिस्सा लिया युवा कांग्रेस ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से ज्ञापन के माध्यम से इस विषय में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने धर्मशाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला केंद्रीय रेल उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से लिखता है हिमाचल के विकास के लिए बनेगी केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टास्क फोर्स पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बनाएंगे दैनिक जागरण की सुर्खी है टास्क फोर्स तलाशेगी हिमाचल में रेल की राह दिव्य हिमाचल के शब्द हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इन्वेस्टर्स मीट में बड़ा ऐलान हिमाचल के लिए बनेगी हाई लेवल टास्क फोर्स दैनिक भास्कर के अनुसार इन्वेस्टमेंट के लिए हिमाचल फेवरेट डेस्टिनेशन केंद्रीय मंत्री ने कहा प्रदेश में इंडस्ट्रियल और सर्विससेक्टर की ग्रोथ ऐतिहासिक दैनिक सेवरा टाईम्स के मुताबिक हिमाचल के विकास का रोड मैप तैयार करेगी टास्क फोर्स

वहीं दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है पर्यटन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं